उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते प्रदेश के सभी मंदिरों और धार्मिक स्थलों को बंद रखा गया है और श्रावण अष्टमी मेले के दौरान भी इस बार मंदिर बंद है ऐसे में ऊना जिला प्रशासन ने श्रद्दालुओं को प्रसाद की होम डिलिवरी सेवा प्रदान करने का सराहनीय प्रयास किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि डाक विभाग के समन्वय से पहली बार ये सुविधा शुरू की गई है उन्होंने प्रसाद की ऑनलाईन डिलिवरी के लिए डाक विभाग का भी आभार जताया है जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रसाद की होम डिलिवरी सुविधा शुरू करने वाला माता चिंतपूर्णी मंदिर देश के चुनिंदा बड़े मंदिरों में शामिल हो गया है संस्कृत विश्वविद्यालय मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने पर विचार कर रही है शिमला में आज वीडियो काफ्रेंस के माध्यम से राज्य संस्कृत अकादमी की बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने संस्कृत को दूसरी भाषा का दर्जा दिया है उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा शब्दावली साहित्य और मुल्यों में समुद्ध है

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में फिर से पूर्ण लॉकडाउन लगाने के लिए लोगों से मॉय गोव एप्प पर लॉकडाउन संबंधी सुझाव मांगे हैं लोग पहली अगस्त तक अपने सुझाव इस एप्प पर दे सकते हैं सुरेश भारद्वाज शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज ने पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों से पौधरोपण में आगे आने का आहवान किया है शिमला के कनलोग में आज भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हुए उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है सूरेश भारद्वाज ने कहा कि शिमला शहर में पुराने देवदार के पेड़ निर्माण कार्यो व जीवनकाल पूरा होने के कारण कमजोर होते जा रहे हैं ऐसे में इनके स्थान पर नए पौधे लगाना जरूरी है कृषि मंत्री कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने पांगी घाटी के सभी गांवों को अगले वर्ष तक सड़क मार्ग से जोड़ने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं किलाड़ में आज परियोजना सलाहकार समिति की बैठक में उन्होंने कोरोना महामारी के कारण रूके विकास कार्यों में तेजी लाने और इन्हें तय समय में पूरा करने को कहा

उन्होंने चंगली व अपर कूफा सम्पर्क सड़क का भूमि पूजन भी किया

बाद में विक्रम ठाकूर ने चपलाह में वन महोत्सव कार्यक्रम में पौधरोपण भी किया कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस ने आज राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के माध्यम से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक पत्र भेजा है जिसमें कोरोना महामारी को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की गई है प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज राजभवन के बाहर पार्टी के लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत धरना प्रदर्शन किया कार्यालय सील शिमला के उपमण्डलाधिकारी शहरी मंजीत शर्मा ने बताया है कि रेलवे बोर्ड बिल्डिंग में आयकर विभाग का कार्यालय और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय समरहिल का एमबीए विभाग आगामी आदेशों तक बंद रहेगा उन्होंने बताया कि पिछले कल आए कोरोना पॉजिटिव मामलों में से एक व्यक्ति रेलवे बोर्ड बिल्डिंग की आयकर विमाग में और एक व्यक्ति प्रदेश विश्वविद्यालय के एमबीए विभाग में कार्यरत है उन्होंने कहा कि एहतियात के तौर पर यह दोनों कार्यालय आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे उपमंडलाधिकारी ने इन दोनों कार्यालयों में काम करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने घर में क्वॉरेंटाइन होने को कहा है